अब समाचार विस्तार से कृषि कर्मण पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कर्नाटक के तुमक्र में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यों को कृषि कर्मण पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किये उत्तराखंड को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत और कृषि मंत्री सुबोध उनियाल को संयुक्त रूप से पुरस्कार देकर सम्मानित किया इस दौरान राज्य के दो प्रगतिशील किसानों कपकोट की कौशल्या और भटवाड़ी के जगमोहन राणा को सम्मानित किया गया

इससे लगभग छह करोड़ लाभार्थियों को फायदा होगा श्री मोदी ने आठ राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने इस योजना की शुरूआत पिछले वर्ष फरवरी में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से की थी सीएम बेंगलुरु मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कल बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से भेंट की इस दौरान दोनों के बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत स्टूडेंट एक्वेंस प्रोग्राम योजना और संस्कृति के आदान प्रदान से संबंधित योजना पर चर्चा हुई इस योजना के तहत दोनों राज्य पार्टनर स्टेट भी हैं इस योजना के तहत हाल ही में कर्नाटक के छात्र उत्तराखंड भ्रमण पर आये थे जल्द ही उत्तराखंड के छात्र भी कर्नाटक का भ्रमण करेंगे इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी आपसी सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया गया भाजपा सीएए बैठक नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदेश के सभी जिला केंद्रों पर प्रेस वार्ता करेंगे इनमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ ही केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रदेश अध्यक्ष और सांसदों को शामिल किया गया है प्रदेश कार्यालय में भाजपा प्रदेश महामंत्री अनिल गोयल ने बताया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में जनता को सच्चाई बताने और कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के दुष्प्रचार का जवाब देने के लिए भाजपा द्वारा शुरू किए गए जन जागरण अभियान के तहत पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेस वार्ताओं को संबोधित करेंगे

मौसम प्रदेश के पर्वतीय जिलों में आज नये साल की पहली बारिश और बर्फबारी हुई अल्मोड़ा बागेश्वर चंपावत पिथौरागढ़ चमोली टिहरी आदि जिलों में सुबह से ही बारिश होने लगी जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई बागेश्वर जिले के तहसील कपकोट अन्तर्गत किमु लीतीरातिरकेती हम्टीकापरीबदियाकोट विनायक बघर तोली आदि क्षेत्रों में ऊंची पहाड़ियों में हल्का हिमपात हुआ पिथौरागढ़ जिले के धारचूला और मुनस्यारी में भी बर्फबारी हुई जिससे तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई चमोली जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी हिमपात हुआ है वहीं राजधानी देहरादून में आंशिक रूप से बादल छाये रहे मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक मौसम का यही रुख रहेगा कुछ जगह ओलावृष्टि हो सकती है और पर्वतीय जिलों में शीतलहर चलने की संभावना है वहीं राज्य में हो रही कड़ाके की ठंड से लोगों को राहत देने के लिए प्रशासन भी सक्रिय है जगह जगह जिला प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था के साथ ही गरीबों को रजाइयां और कंबल बांटे जा रहे हैं उधमसिंह नगर जिले में प्रशासन ने विभिन्न स्थानों पर गरीब असहाय और जरूरतमंदों को कंबल ऊनी वस्त्र आदि वितरित किये जिलाधिकारी डॉ नीरज खैरवाल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरिंदरजीत सिंह ने रेलवे स्टेशन कुष्ठ आश्रम बाल मंदिर और फ्लाई ओवर के पास रहने वाले लोगों को कंबल बांटे

इससे पता चलता है कि मौजूदा समय में सरकार के सभी उपाय और गतिविधियां व्यापक सुधारों के अनुरूप हैं वायु प्रद्षण आज की सबसे बड़ी वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक है बढ़ते वायु प्रद्षण की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के रूप में एक समयबद्ध रणनीति पिछले वर्ष शुरू की गई भारत दुनिया के उन कुछ देशों में शामिल हैं जहां वन क्षेत्र का दायरा लगातार बढ़ रहा है

वहीं बाघों की सुरक्षा के लिए सरकार हरसंभव कदम उठा रही है

आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने दृष्टिबाधित लोगों की सहायता के लिए मोबाईल ऐप मनी जारी किया है मनी का अर्थ है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटीफायर आरबीआई गर्वनर शक्तिकांत दास ने कल मुम्बई में इसे जारी किया मनी ऐप एन्ड्रायड और आईओएस दोनों संचालन प्रणालियों पर उपलब्ध होगा आरबीआई ने कहा है कि इस ऐप के जरिए दृष्टिबाधित लोग नोटों को पहचान कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद यह ऐप बिना इंटरनेट के भी काम करेगा इसके जरिए उपयोगकर्ता कैमरे का उपयोग करके नोट को स्कैन कर सकते हैं ऐप नोट को पहचानकर हिन्दी और अंग्रेजी में बोलकर जानकारी देगा

गुरु गोविन्द सिंह ने अपना जीवन सत्य न्याय और करुणा जैसे मूल्यों की रक्षा के लिये समर्पित किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु गोविन्द सिंह जी ने लोगों की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरु गोविन्द सिंह की शिक्षाएं युगांतरकारी हैं जो हमेशा प्रासंगिक रहेंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर बधाई दी है एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि हम पूजनीय गुरु गोविंद सिंह जी को प्रणाम करते हैं मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने भी गुरू गोविन्द सिंह की जयन्ती के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने कहा कि गुरु गोविन्द सिंह जी एक महान लेखक मौलिक चिन्तक और संस्कृत सहित कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे उन्होंने धर्म के लिए अपने पूरे परिवार का बलिदान कर दिया था उन्होंने कहा कि गुरू गोविन्द सिंह के विचार और शिक्षाएं आज भी समाज के लिए प्रासंगिक हैं

वेबसाइट पर व्यवधान आने के कारण बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं कर पाने को देखते हुए यह निर्णय किया गया है

परीक्षा पे चर्चा परीक्षा से जुड़ा तनाव दूर करने के लिए देश विदेश के विभिन्न वर्गों के विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत से संबंधित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम इस साल बीस जनवरी को होगा